राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने आज सुबह ये घोषणा की उन्होंने कहा कि विधेयकों पर चर्चा के लिए कम समय दिए जाने के कारण यह विवाद उत्पन्न हआ उन्होंने सभापति एम वेंकैया नायड् से आठ सांसदों का निलंबन वापस लेने का आग्रह किया इस बीच उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सभापति को लिखे पत्र में कहा कि वे सदन में सदस्यों के अनुचित व्यवहार से आहत हैं

मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि प्रत्येक दिन नब्बे हजार से भी अधिक लोग कोरोना संकमण से मुक्त हुए और उन्हें अस्पतालों और आइसोलेशन केन्द्रों से छुट्टी दे दी गई

श्री शर्मा ने कहा कि यह शर्मसार करने वाली घटना है पिछले दिनों थानागाजी और तिजारा में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें गंभीरता से लें और फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित कर आरोपियों को तुरंत सजा दिलाई जाए

श्रीमती जकिया टोंक से तीन बार विधायक रहीं

कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं